च्नाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होंगे पहले चरण का मतदान बारह नवम्बर को और दूसरे चरण का मतदान बीस नवम्बर को कराया जाएगा मध्यप्रदेश और मिजोरम में एक साथ अट्ठाईस नवम्बर को चुनाव होगा राजस्थान और तेलंगाना में सात दिसम्बर को मतदान कराया जाएगा छत्तीसगढ़ समेत सभी पांच राज्यों में मतगणना ग्यारह दिसम्बर को होगी चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण में बारह नवंबर को छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों के अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे इनमें खैरागढ़ डोंगरगढ़ राजनांदगांव डोंगरगांव खुज्जी मोहला मानपुर अंतागढ़ भानुप्रतापपुर कांकेर केशकाल कोंडागांव नारायणपुर बस्तर जगदलपुर चित्रकोट दंतेवाड़ा बीजापुर और कोटा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं वहीं बीस नंवबर को दूसरे चरण में शेष बहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा प्रदेश में सोलह अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और इसी के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तेईस अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच चौबीस अक्टूबर को होगी छब्बीस अक्टूबर तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे और बारह नवंबर को मतदान कराया जाएगा इसी तरह दूसरे चरण के लिए छब्बीस अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी दो नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे तीन नवंबर को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी पांच नवंबर को नाम वापसी और बीस नवंबर को मतदान कराया जाएगा राज्य की सभी नब्बे विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा ग्यारह दिसंबर को होगी

साथ ही सीसीटीवी कैमरे से सभी मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी हर मतदान केंद्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रदेश में कुल एक करोड़ पचासी लाख पैंतालीस हजार आठ र्सो उन्नीस मतदाता हैं इनमें बयानवे लाख पंचानवे हजार तीन सौ एक पुरूष और बयानवे लाख उनचास हजार चार सौ उनसठ महिला मतदाता शामिल हैं प्रदेश में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या रायपुर में और सबसे कम नारायणपुर में है प्रदेश में कुल तेईस हजार छह सौ बत्तीस मतदान केंद्र हैं इनमें से पांच हजार छह सौ पच्चीस संवेदनशील मतदान केंद्र हैं श्री साहू ने बताया कि राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च में लगाए गए सभी होर्डिंग्स और सामग्रियों को हटा दिया जाएगा सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे चुनाव के लिए नियोजित अधिकारी कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा चुनाव के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा

हर विधानसभा क्षेत्र में पांच महिला मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र भी होंगे चुनाव के दौरान व्यय निगरानी के तहत उम्मीदवारों द्वारा प्रचार प्रसार में खर्च करने की राशि पर भी चुनाव आयोग लगातार नजर रखेगी प्रत्याशियों की पत्नी और रिश्तेदार पर एक लाख रूपये से अधिक निकासी पर आयोग की पैनी नजर रहेगी चुनाव के दौरान आबकारी विभाग के अधिकारियों को शराब के अवैध वितरण और अवैध परिवहन के लिए कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं राजनीतिक सरगर्मी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख घोषित होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं सत्तारूढ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहित सभी छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जूटी हुई हैं वहीं सभी दलों द्वारा प्रत्याशी चयन और चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों के चुनाव की घोषणा किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह के साथ तैयार है उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव करीब आने पर बिखरने लगती है और चुनाव आते आते पूरी तरह बिखरकर गुटों में बदल जाती है उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जबकि कांग्रेस में कार्यकर्ता ही नहीं है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने आचार संहिता लगने का स्वागत करते हुए कहा है कि आज से भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव लाने के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता संकल्पित हैं इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता और विधायक अमित जोगी ने भी चुनाव घोषणा का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे किए थे लेकिन सरकार बनते ही सारे वादे हवा हवाई हो गए हैं प्रदेश के किसान भाजपा सरकार के रवैये से मजदूर बनते जा रहे हैं विधानसभा चुनाव प्रशिक्षण प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिलों में निर्वाचन कार्य से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों और निर्वाचन से संबंद्व गठित समितियों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसी कड़ी में रायगढ़ रायपुर धमतरी गरियाबंद महासमुंद बलौदाबाजार द्र्ग बालोद और बेमेतरा जिले के व्यय अनुवीक्षण समिति मौडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी और आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन के लिए अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रशिक्षण दिया गया आज राजनांदगांव कबीरधाम बस्तर सुकमा कोंडागांव कांकेर नारायणपुर बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसी तरह नौ अक्टूबर को सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर कोरिया जशपुर बिलासपुर मुंगेली जांजगीर चांपा और कोरबा जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा टीकाकरण अभियान देशभर में खसरा और रूबेला रोग को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में आज से प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है यह अभियान उन्नीस दिसंबर तक चलेगा इस अभियान के तहत नौ माह से पन्द्रह साल के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से यह टीका लगवाना होगा इसके अलावा उन बच्चों को यह टीका लगाना आवश्यक है जिन्हें पहले एमआर या एमएमआर का टीका लग चुका हो या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें पहले कभी खसरा और रूबेला रोग हो चुका हो यह टीका सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों शासकीय और अर्द्व शासकीय स्कूलों जिला चिकित्सालय तथा सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क लगाया जाएगा आईईडी बरामद बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए आठ किलो वजन के आईईडी और स्पाईक बरामद किया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट सुधीर कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान सुरक्षा बलों ने गंगालूर थाना क्षेत्र के रेड्डी गांव के जंगलों से इस विस्फोटक को बरामद किया बाद में इसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया आरक्षक भर्ती दावा आपत्ति छत्तीसगढ़ पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आदर्श उत्तर छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं लिखित परीक्षा के प्रश्न और आदर्श उत्तर के संबंध में उम्मीदवार नौ अक्टूबर तक दावा आपत्ति कर सकते हैं उल्लेखनीय है कि आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए बीते तीस सितम्बर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी संक्षिप्त समाचार न्यायमूर्ति सीबी बाजपेयी को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के अंतर्गत स्मार्ट फोन वितरण का कार्य बंद कर दिया गया है